शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वायु गुणवता निगरानी स्टेशन पुनः आरम्भ

जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ऊना जिले में हरोली क्षेत्र के पालकवाह में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से अधिकारी पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और लोगों के समय व धन की बचत भी हो रही है

इससे पहले महेन्द्र सिंह ठाकुर ने एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत पौधरोपण किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सोलन जिले में नालागढ़ के बघेरी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के जनसमस्याओं का त्वरित निवारण कर रही है उन्होंने लोगों से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह भी किया कुल्लू जिले के शाट में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने की

उधर सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र की अश्याडी पंचायत में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में जनमंच का आयोजन किया गया इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनमंच सरकार व आम जनता के बीच सीधे संवाद का एक सशक्त माध्यम है बिलासपुर जिले में घुमारवीं क्षेत्र के भराड़ी में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने की

वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने शिमला जिले में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के झाकड़ी में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और समावेशी नीतियों से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है

हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के टिप्पर में मुख्य सचेतक व जनमंच के प्रदेश समन्वयक नरेन्द्र बरागटा की अध्यक्षता में जनमंच का आयोजन किया गया बरागटा ने बताया कि जनमंच राज्य सरकार का एक अभिनव प्रयास है जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर त्वरित व समयबद्व निस्तारण सम्भव हुआ है

एक भारत श्रेष्ठ भारत केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अन्तर्गत विभिन्न राज्य एक दूसरे की संस्कृति को साझा करने में जुटे हैं इसी कड़ी में हिमाचल को केरल राज्य के साथ जोड़ा गया है अपने प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में हम केरल राज्य की संस्कृति पर्यटन रीति रिवाज और खान पान के बारे में अपने श्रोताओं को बताएंगे केरल भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सैहाद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भू भाग है केरल में मुख्यतः मलयालम भाषा बोली जाती है पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया कल के बुलेटिन में हम केरल के पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर आएंगे

ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रारम्भिक तौर पर ये परियोजना मंडी और चंबा जिलों में शुरू की गई है

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इससे चंबा और मंडी जिलों के दूरदराज इलाकों के करीब पांच सौ परिवारों की आर्थिकी में सुधार होगा उन्होंने ये भी कहा कि इस अभिनव परियोजना से गद्दी भेड़ की कम उत्पादकता की समस्या से निपटा जा सकेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत मुख्य साहसिक खेल गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा कांगड़ा जिले के तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन आज बैजनाथ में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो के दौरान प्रदेश में अमूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट मण्डी फोरलेन निर्माण का मामला हाल ही में केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया गया और उन्होंने विभाग को इस संबंध में जल्द भूमि अधिग्रहण के निर्देश दिए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि इस फोरलेन के बन जाने से लोगों को सुविधा मिलेगी

इसके अलावा बिलासपुर में ऐम्स का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने पर बल दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए और बैजनाथ में जलशक्ति मण्डल खोलने की घोषणा भी की निगरानी स्टेशन शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को आज से पुनः आरम्भ कर दिया गया है

प्रवक्ता ने बताया कि इस स्टेशन के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकलन से शिमला सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा इस स्टेशन के माध्यम से विभिन्न मापदण्डों के तहत वायु गुणवत्ता की जाएगी

उन्होंने लैपटॉप प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की सूरजकुंड सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट के रूप में हिमाचल की भागीदारी पर्यटन को बढ़ावा देने में लाभदायक सिद्व हो रही है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार शिल्प मेले में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति संस्कृति लोक परम्पराएं और रीति रिवाज पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं इसके अलावा हथकरघा हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों की प्रदर्शनियों से भी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर सहित पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा प्रदर्शन जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने केन्द्र व प्रदेश सरकार पर जेबीटी प्रशिक्षुओं की अनदेखी का आरोप लगाया है जिला सोलन के जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बीएड कर चुके विद्यार्थियों को टैट व कमीशन जैसी परीक्षा के लिए पात्रता दिए जाने के विरोध में आज सोलन में प्रदर्शन किया उन्होंने सरकार से जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग पर जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है

और शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वायु गुणवता निगरानी स्टेशन पुनः आरम्भ